विपक्षी दलों ने धमकी दी कि आठ मार्च तक मुख्यमंत्री खांडू इस्तीफा नहीं देते है तों वे राजभवन के बाहर घरना प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस पार्टी लीडर तकाम पारियों जनता दल सेकूलर के राष्ट्रीय महा सचिव गेगोंग अपांग नेशनल पीपूल्स पार्टी के लीडर तांगा ब्यालींग और पीपूल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पी पी ए के अध्यक्ष काफा बेगिंया विपक्षी पार्टी प्रतिनिधिमंडल के रुप में उपस्थित होकर हाल ही में घटे एंटी पी आर सी आंदोलन में राज्य के कानून और व्यवस्था को काबू में न रख सकने को वजह बताकर राज्यपाल से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खांडू खूद इस्तीफा नही देते है तो राज्यपाल को उसे मुख्यमंत्री पद से हटाना होगा राज्यपाल के साथ बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी एपीसीसी अध्यक्ष ताकाम संजोय ने कहा कि विगत पच्चीस फरवरी को पार्टी ने गृह मंत्रालय से मिलकर केंद्रीय राज्य गृह मंत्री किरेन रिजिज् द्वारा राज्य में सैन्य बल भेजे जाने पर उनके खिलाफ भी इस्तीफे की मांग की है जनता दल यूनाईटेड ने बुधवार को घोषणा की है कि वे अरुणाचल प्रदेश के आगामी विधान सभा चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार है पूर्वोत्तर कार्यकारी परिषद के महा सचिव अशफाक ए खान ने बताया कि चार मार्च को पटना में हुए राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में संगठन को अरुणाचल मे फैलाकर आगामी विधान सभा चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया है बहरहाल उन्होंने बताया की राज्य के संसदीय चुनाव में पार्टी भाग नहीं लेंगे ग्रवाहाटी में पूर्वोत्तर के कृषि उत्पाद पर आयोजित निर्यात संर्वधन सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय खरीददार विक्रेता कार्यक्रम पर प्रदेश के किसानों और किसान उत्पादक कंपनियों ने विदेशी आयातको से मंगलवार को बातचीत की प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओकीट पालेंग ने बताया कि कुछ किसान उत्पादक कंपनियों ने जैविक कृषि उत्पादन के लिए सप्लाई ओर्डर भी ले लिए दस किसान उत्पादक कंपनियों के तहत मिशन जैविक मूल्य चैन विकास तथा प्रदेश के अन्य कृषि आयात और निर्यातको ने इस कार्यक्रम में भाग लिया कार्यक्रम को क्रषि संसाधित खाद्य उत्पादन आयात विकास प्रधिकरण ने वाणिज्य मंत्रालय और इंडियन चेंबर ऑफ कमर्स के साथ मिलकर आयोजित किया था

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के सारे हितधारको को माईक्रो फाईनेंस और एस एच जी बी एल पी के बारे में जागरुक कराना था इस दौरान नाबार्ड डी डी एम नित्या मिली ने माईक्रो फाईनेंस एस एच जी बी एल पी के बारे में लोगों को विस्तार से समझाया और प्रतिभागियों से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने को कहा ए एम वाई ए ए गैर सरकारी संगठन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और प्रदेश को ओपारेटिव एपेक्स बैंक ने कार्यक्रम में भाग लिया चांगलांग जिले के जयरामपुर नामपोंग और मानमाओ अंचलों में कानूनी माप तौल विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना बताए जांच के दौरान हाल ही में कानूनी मापतौल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के चलते छ व्यापारियों को पैकेज कमोडिटी की अधिकतम खुदरा मूल्य कुल भार उत्पादन और समाप्ति की तारीख इत्यादी लगाए बिना सामानों को बेचे जाने पर उन्हें बूक्क किया गया जो कि पूरी तरह कानूनी मापतौल पैकेट माल के प्रावधान के खिलाफ है ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में द्रलारी कन्या योजना के अंर्तगत ब्रधवार को जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ कालींग दाई से अट्ठारह लाभार्थियों ने फीक्स डिपोजिट सर्टिफिकेट स्वीकार किया जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ दाई ने बताया कि इस योजना के अनुसार सरकारी अस्पतालों में जन्मी बच्ची के नाम बीस हजार रुपए बैंक एकाउंट में जमा होंगे और बालिका के अट्ठारह वर्ष के आयु हो जाने पर जमा रुपए सहित ब्याज के साथ रुपया लौटाया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल नई दिल्ली में एक समारोह में देश का सबसे बड़ा महिला नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार दो हजार अट्ठारह देंगे इस साल चौवालीस महिलाओं को यह सम्मान दिया जायेगा महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि यह सम्मान महिला और सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को दिया जाता है इस वर्ष बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन स्टॉप सेंटर नाम की एक गैर सरकारी संस्था और एक राज्य को भी यह सम्मान दिया जायेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान शिक्षक संवर्ग आरक्षण अध्यादेश दो हजार उन्नीस को लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे शिक्षको की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किया जा सकेगा